शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय ने इस सम्बंध में अपर मूख्य सचिव राधा रत्ड़ी सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बठक की उन्होंने पत्रकारों का बताया कि सभी जिलाधिकारियों का एक सप्ताह में अपने जिले से संबंधित फीडबक्क भेजने के निर्देश दिए गए हैं

जिलों से प्राप्त फीडबक्क के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा शिक्षा मंत्री ने बताया कि यदि स्कूलों का खासने के बारे में राय बन जाती ह त तीन चरणों में स्कूलों क खाले जाने का प्रस्ताव किया जाएगा

अभिभावक की अन्मति बिना किसी बच्चे क स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा भक्त दर्शन परस्कार उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उच्च शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले पांच शिक्षकों क राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भक्त दर्शन प्रस्कार से नवाजा जायेगा आज देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बछक में यह निर्णय लिया गया

मॉनिटरिंग कमेटी उच्च न्यायालय दवारा काविड उपचार व्यवस्थाओं की निगरानी के लिये गठित डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने आज एम्स अस्पताल का निरीक्षण किया टीम ने एम्स के काविड वार्ड में भर्ती कप्रामा ग्रसित मरीजों से वीडिया कॉल के जरिए बातचीत भी की संस्थान के कप्रविड सेण्टर में सभी व्यवस्थाएं द्रुस्त मिलने पर टीम ने संताष्ट व्यक्त किया

यहां कप्रामा के गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों के लिये प्लाज्मा बैंक बनाया गया है

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्देश दिए गए हैं कि आज से कन्टेनमेंट जाम से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से परामर्श के बगब्ब लॉकडाउन लागू न किया जाए राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच सामान और लागों के आवागमन पर काई प्रतिबंध नहीं हागा

मनप्रंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों का भी खात्रने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा

मंगलवार देर रात हई इस द्र्घटना के लिए आज सुबह रेस्क्यू शुरू किया गया रेस्क्यू टीम ने द शव निकाले हैं

इसकी सूचना प्लिस क ब्धवार शाम क मिली प्लिस ने वाहन क सर्च करना श्रू किया त जीर ब्रिज के पास प्रग्नफिट टूटा हआ मिला और क्छ बण्ड भी मिले रात हामे के कारण रेस्क्यू नहीं किया जा सका आज सूबह जल प्लिस एसडी आरएफ राजस्व विभाग और प्लिस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया गया अंतिम समाचार मिलने तक रेस्क्यू जारी था जिलंबित हल्द्वानी में कुछ दिन पहले हाईटेंशन लाइन की चपेट आकर एक कंपाउडर की मौत के मामले में सरकार ने उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड के पांच कर्मचारियों का निलंबित कर दिया हा उपनल के तहत एक कर्मचारी कथ हटा दिया गया हथ निलंबित कर्मचारियों में यूपीसीएल के सहायक अभियंता और उपखंड अधिकारी शामिल हण उपनल से भर्ती क्षेत्र के एसएसओ कण सेवा से हटा दिया गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले का काफी गंभीरता से लिया था म्ख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा सचिव राधिका झा ने प्रे मामले की जांच रुद्रप्र क्षेत्र के म्ख्य अभियंता एमएल प्रसाद से कराई थी उनकी रिपार्ट के आधार पर और ऊर्जा सचिव की संस्तृति पर इन कार्मिकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है

पार्क खुलने के बाद पार्क में लाग सूबह की सण करते नजर आये महापौर सुनील उनियाल गामा भी वहां पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया